इस नये जिले का गठन वेस्ट सियांग जिले के मेचुका पी डी तातो और मनिगंग अंचल के कुछ हिस्सो को मिलाकर किया गया है अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियो और वेस्ट सियांग जिला मुख्यालय से इन क्षेत्रो की दूरी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगो की लंबित मांग को सरकार ने पूरा किया है मुख्यमंत्री ने नव गठित शि योमी जिले के लोगो को बधाई देते कहा कि इस जिले के लिए बुनियादी सुविधाओ के विकास कार्य शुरु हो रहा है उन्होंने स्थानीय मेंबा आदी और तागिन समुदाय के लोगो से संमृद्ध और विकसित जिले के निर्माण के लिए एकजूट होकर कार्य करने की अपील की है मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रतिस्थानो के लिए स्थानीय लोगो द्वारा जमीन दान करने के लिए उन्हे धन्यवाद देते हुए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि को खर्च करने को कहा उन्होंने शि योमी जिला मुख्यालय को तत्काल कार्यरत बनाने के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर करने और आगामी वजट सत्र में मूल भुत सुविधाओ के विकास के लिए पर्याप्त वजट आंवटित करने का आश्वासन दिया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन स्थानीय विधायक पी डी सोना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव राज्य के मुख्य सचिव सत्य गोपाल पुलिस महानिदेशक एस बी के सिंह नव गठित जिले के जिला उपायुक्त एम दिरची और पुलिस अधीक्षक जी डाजांगजू भी उपस्थित थे

नामसाई में ताई समुदाय के नव वर्ष उत्सव पूई पी माऊ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अरुणाचल राइजिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार और लोगो के बीच दूरी को कम करना है उन्होंने स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकतर लाभार्थियो तक पहुच बनाने के प्रयासो की भी सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि नामसाई में निवास कर रहे गैर अरुणाचली नागरिको को पी आर सी देने संबंधित मुद्दे को अधिक समय तक लंबित नही रखा जा सकता इस कार्यक्रम में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा भी उपस्थित थे

इस सम्मान को पाने पर मुख्यमंत्री के सलाहकार ताई तागाक अरुणाचल प्रदेश साहित्य सोसायटी के अध्यक्ष वाई डी थोंगची और जी एस बातेम पार्टिन ने श्री कोले को बधाई दी है

ऐसा माना जाता है की भूपेन हाजरिका का जन्म बोलुंग गांव में हुआ था और इस पूरे क्षेत्र को सदिया के नाम से जाना जाता था अरुणाचल केंसर कल्याण सोसायटी द्वारा कल आलो में एक दिवसीय सम्मेलन सह जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम के दौरान लोगो को इस रोग से होने वाली नुकसान के बारे में जानकारी दी गयी कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा शुरु की गयी मुख्यमंत्री केसर केमो थेरापी योजना के बारे में स्थानीय लोगो को जागरुक किया गया इस योजना के तहत गरीब मरीजो को इलाज के लिए दस लाख रुपए मुहैया कराये जाते है सी दोन्यी खेल कूद प्रतियोगिता कल से ईटानगर में शुरु हो गयी इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए अरुणाचल प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष बामांग तागो ने प्रतिभागियो से खेल भावना के साथ विभिन्न खेलो में हिस्सा लेने की अपील की है बेंडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग के एकल और डबल मुकाबले में अस्सी खिलाड़ी भाग ले रहे है